देश के नाम एक संदेश में प्रवानमंत्री ने कहा कि यह मिशन शक्ति एक बहत कठिन अभियान था जिसे सफलतापर्वक पूरा किया गया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि यह क्षमता हासिल करने वाला भारत चौथी अंतरिक्ष शक्ति बन गया है उन्होंने कहा कि अपना नाम अंतरिक्ष महाशक्ति स्पेस पॉवर के रूप में दर्ज करा दिया है अब तक दुनिया के तीन देश अमेरिका रूस और चीन को यह उपलब्धि हासिल थी अब भारत चौथा देश है जिसने आज यह सिद्वि प्राप्त की है देश को बयाई देते हए प्रधानमंत्री ने कहा कि मिशन शक्ति तेज गति वाला एक बहत ही जटिल अमियान था जिसे असाधारण सुक्ष्मता के साथ हासिल किया गया यह सफलता भारत के वैज्ञानिकों के असाधारण कौशल और देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम की सफलता का परिचायक है प्रधानमंत्री ने इस सफलता के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के वैज्ञानिकों को बधाई दी और मिशन शक्ति को एक असाधारण उपलब्धि बताया उन्होंने कहा कि मिशन शक्ति का उद्देश्य भारत की समग्र सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने मिशन शक्ति की सफलता के लिए भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को बधाई दी है एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि उपग्रहरोधी प्रक्षेपास्त्र के सफल प्रक्षेपण के साथ भारत दुनिया की एक अंतरिक्ष महाशक्ति बन गया है कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी ने डीआरडीओ को बवाई दी है और कहा है कि वैज्ञानिकों की इस उपलब्धि पर उन्हें बहत गर्व है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि मानवता के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए शांति और सुरक्षा महत्वपूर्ण हैं क्रोएशिया में राजधानी जगरेब में कल शाम भारतीय समुदाय द्वारा आयोजित स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि विश्व समुदाय को उनके खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने की जरूरत है जो आतंकवादियों को पनाह और मदद देते हैं राष्ट्रपति ने कहा कि भारत अपने लोगों को संरक्षण देने और उनके कल्याण के लिए सभी उपाय करेगा लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिये नामांकन पत्र भरने का कल अंतिम दिन था इस चरण में प्रदेश की आठ सीटें शामिल हैं जहां अटठारह अप्रैल को मतदान होगा दसरे चरण में नामांकन पत्रों की जांच आज की गयी जबकि शुक्रवार तक नाम वापस लिये जा सकेंगे इस चरण में अमरोहा अलीगढ़ मथ्रा फतेहपुर सीकरी के साथ नगीना सुरक्षित बुलंदशहर सुरक्षित हाथरस सुरक्षित और आगरा सुरक्षित सीटों पर मतदान कराया जायेगा इन संसदीय क्षेत्रों में कल एक करोड़ चालीस लाख वोटर हैं जिनमें चौसठ लाख महिलायें हैं और लगभग ढाई लाख से अधिक युवा मतदाता यहां पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे भारतीय जनता पार्टी के महासचिव अरुण सिंह ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि केन्द्रीय मंत्री मेनका गांधी सुल्तानपुर से वरुण गांवी पीलीभीत से और रीता बहगणा जोशी को इलाहाबाद से उम्मीदवार बनाया गया है प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेन्द्रनाथ पाण्डेय अपनी मौजूदा चंदौली सीट से चुनाव लड़ेंगे केन्द्रीय मंत्री मनोज सिन्हा गाजीपुर संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार बनाये गये हैं दो बार की सांसद और अभिनेत्री जयाप्रदा रामपुर से चुनाव लड़ेगी इस बीच समाजवादी पार्टी ने प्रदेश में तीन और उम्मीदवारों का एलान कर दिया है पार्टी ने देवेन्द्र यादव को एटा से और हेमराज वर्मा को पीलीभीत से प्रत्याशी बनाया है उधर कॉग्रेस पार्टी ने संजय कपूर को रामपूर से प्रत्याशी घोषित किया है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने कल मुरादाबाद में भाजपा की विजय संकल्प सभा में कॉग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी की गरीबी हटाओं योजना पर सवाल उठाए उन्होंने आरोप लगाया कि पचपन साल तक एक ही परिवार का शासन रहने के बावजूद गरीबों की हालत और खराब होती गयी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही गोरखपुर में भाजपा के प्रचार अभियान की शुरूआत करते हुए उन्होंने कहा कि कॉग्रेस ने अड़तालिस वर्ष पहले भी गरीबी हटाओ का नारा दिया था लेकिन गरीबी के साथ साथ भूखमरी और अराजकता बढ़ती गयी बस्ती जिले में भाजपा के लोकसभा चुनाव के प्रचार की शुरुआत आज विनय कटियार ने किया विनय कटियार ने बस्ती में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस सपा और बसपा सिर्फ जनता को घोखा दे रही है और छल रही है विनय कटियार ने कहा कि सपा बसपा और कांप्रेस आज तक कोई विकास नहीं किया सिर्फ चनाव आते ही झठे वादे करती है कांप्रेस महासचिव और पार्टी की पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रमारी प्रियंकागांधी वाड़ा आज से अपना तीन दिन का चुनावी कार्यक्रम श्रू कर दी हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अव्यक्ष अखिलेश यादव ने गरीबों को खुशहाल बनाने के लिए प्रा पैकेज देने का ऐलान करते हुए कहा कि उनकी पूरी टीम इस सिलसिले में विस्तुत अध्ययन कर रही है